कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें टीका उत्सव कोविड मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकारण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं

होम्योपैथी पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के उपचार केन्द्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आये उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का विकास करने आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थाओं की क्षमता बढाने का भी लक्ष्य रखा गया है इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर इस चिकित्सा प्रणाली के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की स्मृति में किया है

रिकार्ड टीकाकरण देश कोविड टीकाकरण अभियान में दस करोड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है

मुख्यमंत्री लोकार्पण देहरादून में आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत आंचल बद्री गाय घी पहाड़ी घी आर्गेनिक घी पनीर डेरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों का ई लोकार्पण किया इस मौक पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार का वितरण किया उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे उन्होंने दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की ब्रान्डिंग पैकेजिंग और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के साथ ही हमें अन्य लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ना होगा डेरी विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है

आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाना होगा विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ़यू में छूट रहेगी नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होगा इसको लेकर पुलिस भी तैयारियां पूरी कर ली है देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉयोगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए सभी जिलों टीमों का गठन करने के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर प्रमुख वन संरक्षक पर्यावरण एसएस रसाईली ने रुद्रप्रयाग जिले में तीन दिन का भ्रमण कर जनपद के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीणों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से बात की उन्होंने बताया कि अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार पहाड़ों में वनाग्नि की घटनाओं का प्रमुख कारण चारापत्ती के लिए लगाई जानी वाली आग है उन्होंने कहा कि पहाड़ों की विषम पारिस्थितियों के कारण वन कर्मियों के लिए वनों की आग बुझाना हमेशा से चुनौती रही है ग्रामीणों को अपने तरीकों को बदलना होगा वन विभाग भी लोगों को जागरूक करेगा चम्पावत कोरोना चम्पावत जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है

इसके साथ ही पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में भी जगह जगह श्रद्वालुओ की जांच की जा रही है

वन विभाग मॉक ड्रिल वनाग्नि घटनाओं को रोकने के लिए बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में आज जिला प्रशासन वन विभाग स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा वनाग्नि मॉक ड्रिल किया गया यह मॉक ड्रिल जिले की तहसील बागेश्वर के छतीना कपकोट में जसौली कांडा में लीसा डिपो और गरुड़ के वज्यूला में की गयी